केन्द्र में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार के छह महीने पूरे होने पर प्रधानमंत्री ने आज ट्वीट कर कहा कि पिछले छह महीने के दौरान सरकार ने विकास सामाजिक सशक्तिकरण और देश की एकता को मजबूत बनाने के लिए अनेक निर्णय किए हैं

श्री जावडेकर ने कहा कि पिछले चार माह से लम्बे समय बाद जम्मू कश्मीर में शांति है उन्होंने कहा कि अयोध्या पर उच्चतम न्यायालय के फैसले का भी पूरे देश में स्वागत हुआ है

आज राष्ट्रीय पेंशन सप्ताह की शुरूआत पर श्रम और रोजगार मंत्री संतोष गंगवार ने बताया कि सरकार का लक्ष्य अगले पांच वर्षो के दौरान दस करोड लोगों को पेंशन योजना में शामिल करना है उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के जरिये असंगठित क्षेत्र के लोगों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाया जा रहा है

उन्होंने बताया कि ईस्टर्न कैनाल रेलवे प्रोजेक्ट को प्राथमिकता से पूरा किया जाएगा उन्होंने क्षेत्र में लौह अयस्क की संभावना पर कहा कि यहां पर प्लांट लगाये जाने से यहां के युवाओं को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे

श्री मीणा ने बताया कि इसके लिए राज्य निर्यात पुरस्कार योजना जारी की गई है इन पुरस्कारों के लिए सात दिसम्बर तक आवेदन मांगे गए हैं

राज्यस्तरीय निर्यात पुरस्कारों के साथ ही प्रतिवर्ष एक निर्यातक को लाइफटाइम एचिवमेंट एक्सपोर्ट रत्न पुरस्कार से नवाजा जाएगा ै उद्योग मंत्री ने कहा कि इन पुरस्कारों से निर्यातकों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होगी और इससे राज्य की निर्यात में भागीदारी बढेगी

श्री शर्मा ने ब्लड बैंक में न्यू ब्लड बैंक कॉम्पोनेंट सेपरेशन यूनिट अस्थि रोग विभाग नार्थ विंग के नवीनीकरण का लोकार्पण तथा अस्पताल के डेटा सेंटर की आई टी सेल का उद्घाटन किया

इसके बाद चिकित्सा मंत्री ने रक्तदाता सम्मान समारोह में शिरकत की

उन्होंने कहा कि चिकित्सा के क्षेत्र में भी सरकार आगे बढ रही है

आज बीकानेर में श्री चौधरी ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि ईंधन टाइल मशरूम की पैदावार खाद और चारे के रूप में पराली काम आएगी

इस संबंध में जैविक खेती की महत्वपर्ण भूमिका भी शामिल हो सकती है

हादसे में चार लोग घायल हो गए जिनमें से दो की हालत गंभीर है

नागौर में रोजगार कार्यालय और युवा विकास केन्द्र की ओर से एक दिवसीय उद्यमिता और रोजगार मेले का आयोजन किया

बांसवाड़ा में आज से छठी राज्यस्तरीय जनजाति ग्रामीण युवा महोत्सव खेलकूद प्रतियोगिता शुरू हो रही है जो सोमवार तक चलेगी

ये खेल नेपाल के पोखरा और काठमांडू में एक से दिस दिसम्बर तक आयोजित किए जाएंगे

मौसम विभाग के अनुसार आज तथा कल सीकर झेंझनू बीकानेर च्रू हनुमानगढ तथा गंगानगर में कुछ स्थानों पर कोहरा छाये रहने की संभावना है